वहीं बूंदी में सात टीकाकरण कोन्द्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा इधर प्रदेश में कुछ स्थानों पर आज भी कोरोना टीकाकरण का पूर्वभ्यास चल रहा है बांसवाड़ा जिले में आठ स्थानों झालावाड़ जिले में छह और सवाई माधोपुर में सात स्थानों पर ड्राय रन किया जा रहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वह वैक्सीन के परिवहन के लिए तैयार रहे और शीर्ष स्तर पर पूरी प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी और व्यक्तिगत भागीदारी का अभ्यास करें स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि टीकाकरण के दौरान स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पहली प्राथमिकता होंगे श्री भूषण ने कहा कि दो टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन का आपात स्थिति में उपयोग का अधिकार दिया गया है उन्होंने कहा कि कोविड के चार अन्य टीके भी हैं जो भारत में निर्मित किए जाएंगे और शीघ्र ही उपलब्ध होंगे नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पॉल ने मीडिया से टीकाकरण अभियान के बारे में सकारात्मक माहौल बनाने की अपील की है

मंत्रालय ने कहा है ये टीके कठिन वैज्ञानिक परीक्षण और नियामक मानदण्डों से गुजरने के बाद ही उपलब्ध कराए गए हैं

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार से प्रदेश में किसानों को रबी फसलों की पिलाई के लिए पर्याप्त मात्रा में दोपहर के समय बिजली देने की मांग की है श्रीमती राजे ने ट्वीट कर कहा कि ग्रमीण क्षेत्रों में किसानों को थ्री फेस बिजली की आवश्यकता होती है इस समय सिर्फ रात में ही किसानों को बिजली मिल रही है जिससे उन्हे मजबूरी में तेज ठंड में भी खेतों में काम करना पड़ रहा है प्रदेशभर में पंजाबी समुदाय आज लोहड़ी का पर्व मना रहा है राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोहड़ी पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मकर संक्रांति पर्व की भी प्रदेशवासियों को बधाई देते हए कहा है कि सूर्य की उपासना का पर्व मकर संक्रांति हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करने की सीख देता है उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित पतंगबाजी करने के लिए ऐसी डोर का उपयोग करें जिससे किसी व्यक्ति या पक्षी के जीवन को कोई नुकसान ना हो प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर शीतलहर का असर जारी रहने से कड़ाके की सर्दी का अहसास बना हुआ है मौसम विभाग के अनुसार आज भी माउंट आबू और सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में पारा जमाव बिन्दू से नीचे माइनस एक डिग्री सैल्सियस रिकॉर्ड किया गया

मौसम विभाग ने आज भी जयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना जताई है